श्री क्मार ने कम से कम सत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर से कराने का दिया निर्देश

पच्चीस मार्च तक इसके लिए स्कूल में आवेदन किये जा सकते हैं

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजूट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने टीकाकरण का काम भी तेज करने के निर्देश दिए एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रेलवे स्टेशनों बस अड्डों और हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच सुनिश्चित की जाए श्री कुमार ने कहा कि राज्य में जांच का सत्तर प्रतिशत काम आरटीपीसीआर प्रणाली से कराया जाए उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट चौबीस घंटे में मिल जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल खुले रहेंगे उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड उन्नीस के नए मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि स्कूल बंद कराने पड़ें प्रदेश में अब तक अठारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छह लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से चौदह लाख अठासी हजार दो सौ नवासी लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि तीन लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है देश में अबतक चार करोड़ छत्तीस लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी गयी है इनमें सतहत्तर लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली डोज लगायी गयी है अड़तालीस लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की द्रसरी डोज दी गयी है अग्रणी कार्यकर्ताओं में अस्सी लाख से ज्यादा को पहली डोज और पच्चीस लाख से ज्यादा को दूसरी डोज मिल चुकी है अब तक साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ उनहत्तर लाख से अधिक लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के पैंतीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल सोलह लाख बारह हजार से ज्यादा लोगों को टीके लगाये गये देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर छियानवे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है कल तेईस हजार छह सौ तिरपन व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बीमारी से अब तक एक करोड़ ग्यारह लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय में देश में दो लाख अठासी हजार से अधिक मरीज हैं

राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये आदेश दिये गये हैं सीबीएसई ने कोरोना के कारण दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र बदलने का विकल्प दिया है परीक्षार्थी इसके लिए पच्चीस मार्च तक अपने स्कूल में आवेदन दे सकते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित है या कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं हैं तो प्रायोगिक और सैद्वांतिक परीक्षा केन्द्र बदल सकते हैं स्कूल को इस संबंध में इकतीस मार्च तक छात्रों का आवेदन बोर्ड को भेज देना होगा एनटीपीसी की बाढ़ इकाई ने अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है उन्नीस मार्च को इकाई ने सौ दशमलव एक छह फीसदी पीएलएफ के साथ इकतीस दशमलव सात तीन मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया बाढ़ इकाई ने एनटीपीसी के सकल समूह का अड़तीस वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाढ़ परियोजना के कार्यकारी निदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि तीसरी यूनिट का ग्रिड सिंक्रोनाईजेशन भी हासिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं प्रदेश के सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में बनाये गये पुलिस कैम्प को हटाया जायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेज दिया है उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस कैम्प की वजह से शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाली परेशानी की शिकायत के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में आज पांच लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है केन्द्रीय चयन पर्षद के ओएसडी कमलाकांत प्रसाद ने बताया कि निर्धारित समय के बाद केन्द्र पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी इस परीक्षा के माध्यम से करीब साढ़े आठ हजार सिपाहियों की भर्ती की जायेगी होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हये रेलवे ने पटना धनबाद और हाजीपुर के रास्ते तीन जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि आनंद विहार कामख्या कोलकाता नंगलडैम और कोलकाता लखनऊ के बीच तीन जोड़ी विशेष ट्रेन चलायी जायेंगी रेलवे ने इसकी तिथि और रूट भी तय कर दिया है उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफार्म पर निर्माण कार्य को देखते हुये बाईस से इकतीस मार्च तक कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव किया गया है जबकि पाटलिपुत्रा नरकटियागंज एक्सप्रेस ट्रेन को कल से इकतीस मार्च तक रद्द कर दिया गया है मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार के कई इलाकों में हल्की बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पटना का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव छह जबकि न्यूनतम तापमान बाईस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव दो भागलपूर का चौंतीस दमशलव पांच और पूर्णियां का अधिकतम तापमान तैंतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया सबसे कम तापमान डेहरी में पन्द्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कल भी गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं

दरभंगा डायमंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भागलपुर बुल्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया उधर कल पटना के ऊर्जा स्टेडियम में टी ट्वेंटी बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल की शुरूआत हुई राज्यपाल फागू चौहान ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव सहित कई खेल हस्तियां मौजूद रहीं इस प्रतियोगिता में पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं पहले दिन के मैच में अंगिका एवेंजर्स की टीम ने पटना पायलट्स को पराजित कर दिया अंगिका एवेंजर्स के राजू कुमार मैन ऑफ द मैच रहे मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है एसएसपी जयंतकांत ने बताया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है वहीं पुलिस ने हाइवे लुटेरा गैंग के सात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय पुलिस ने एक इनामी अपराधी कारे लाल समेत चार अपराधियों को नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है कारे लाल पर कई थानों में प्राथमिकी दर्ज थी सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से तेरह सौ बोतल नेपाली शराब जब्त की है चम्पारण रेंज के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद सिंह ने पूर्वी चम्पारण जिले के हरसिद्दी के थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है वैशाली के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई बच्चों से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गयी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 हिन्दुस्तान ने कोरोना संकट के दौर में स्कूलों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में अभी खुले रहेंगे स्कूल दैनिक जागरण ने राज्यपाल फागू चौहान के बयान को प्रमुखता से छापते हुये लिखा है राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए सरकार तत्पर इसी अखबार ने महाराष्ट्र से जुड़ी एक अन्य खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख हर महीने मांग रहे थे सौ करोड़ दैनिक भास्कर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं बस मौका मिलना चाहिए प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है राज्यभर के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बनेगा मशरूम हट

श्री कुमार ने कम से कम सत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर से कराने का दिया निर्देश

पच्चीस मार्च तक इसके लिए स्कूल में आवेदन किये जा सकते हैं